सर्वाधिक प्रभावित भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर को छोड़कर राज्य के अधिकांश शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले कम हुए हैं

उधर इंदौर में भी कोरोना संकमण के मामले कम होन्न लगे हैं

इंदौर में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यकम किये जा रहे हैं इस कड़ी में कल नेहरू स्टेडियम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने सायक्लोथान के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में युवाओं से आहवान किया कि वे मास्क ठीक से लगायें

जन आंदोलन आगरमालवा जिला शालेय क्रीड़ा अधिकारी एम एल बिसावट ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है

ये सुविधा शुरू हो जाने से बैकों के खातेदार कभी भी और किसी भी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैर्स ट्रांसफर कर सकेंगे यह सुविधा शुरू हो जाने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां यह सुविधा दिन रात काम करती है

आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है इसकी मदद से बेहद कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं निर्मला बजट परामर्श केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आज से नई दिल्ली में विचार विमर्श करेंगी

विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है

इसका उद्देश्य स्वादेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हये खिलौनों के उत्पादन में केन्द्र राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढाना है रेरा अदालत राज्य के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के रेरा भवन में पिछले दिनों नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सभी पक्षों में जागरूकता लार्ने के उद्देश्य से बातचीत कर समझाइश दी गई

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा दो प्रकरणों में आपसी समझौता किया गया जिससे आवंटी लाभांवित हुए प्राधिकरण द्वारा कई प्रकरणों में उभयपक्षों को प्रेरित भी किया गया अस्पताल अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने तथा अस्पतालों से आम जनों को जोड़ने के लिये ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा अस्पताल नंबर एक तर्ज पर एक अभियान शुरू किया जा रहा है इस अभियान का उद्देश्य शासकीय अस्पतालों की सेवाओं को और बेहतर करना है स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कायाकल्प अभियान चलाया जायेगा यह अभियान जिला स्तर से उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक की स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए संचालित किया जायेगा संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना की पहल पर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में ये अभियान प्रारंभ किया जा रहा है संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने रविवार को ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य से जूड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए अभियान की रूपरेखा ैबताई और सभी जिलों में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की बात भी कही रेल आरक्षण रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाडियों त्यौहारी विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई हैं रेल मंत्रालय ने कहा है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाड़ियों के लिए अनारक्षित टिकट के अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाड़ियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी

कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्यप्रदेश ओडिसा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है

यदि दस प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाते हैं तो इसके लिए जिला समिति की मंजूरी लेनी पड़ेगी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गजट नोटीफिकेशन जारी कर दिया है